राज्य में कोरोना से स्वस्थ्य होने वालो की संख्या बढ़कर हुई सत्रह लाख से अधिक अब तक उनहत्तर लाख से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की गई मध्यपुर विधानसभा उपचुनाव में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के हफीजुल हसन ने भाजपा उम्मीदवार गंगा नारायण सिंह को किया पराजित केन्द्र सरकार ने जीएसटी कानून के अंतर्गत करदाताओं को दी कई रियायतें ब्याज दर में की कमी और विलंब शुल्क किया माफ

इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें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

इस्पात उद्योग रिफाइनरी और पेट्रोकैमिकल इंकाइयों उद्योगों तथा बिजली संयंत्र जैसे उद्योग गैसीय ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं यह ऑक्सीजन चिकित्सा उद्देश्यो के लिए उपयोग की जा सकती है ऐसी औद्योगिक इकाइयों की पहचान करने की नीति अपनायी जा रही है जो अपेक्षित शुद्धता वाली गैसीय ऑक्सीजन बना रही हैं इनमें से शहरों के निकट इकाइयों की पहचान की गई है जिनके पास अस्थायी कोविड देखभाल केंद्र स्थापित किए जा सकें ताकि बिस्तरों पर ऑक्सीजन की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराई जा सके उम्मीद है कि कम समय में ही ऐसे संयंत्रों के निकट अस्थायी अस्पतालों में ऑक्सीजन सुविधा युक्त करीब दस हजार बिस्तर उपलब्ध कराए जा सकते हैं राज्य सरकारों को महामारी से निपटने के लिए ऑक्सीजन सुविधा युक्त बिस्तरों वाले ऐसे और अधिक कोविड देखभाल केन्द्रों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है राज्य में कोरोना से स्वस्थ्य होने वालो की संख्या बढ़कर सत्रह लाख आठ हजार चार सौ से अधिक हो गई है अब तक उनहत्तर लाख पचास हजार से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की गई है राज्य में अभी दो लाख उनचालीस हजार से अधिक पोजेटिव केस हैं जिनमें अंठावन हजार चार सौ से अधिक कोरोना के सक्रिय मामले हैं राज्य में कोरोना से मरने वालो की संख्या बढ़कर दो हजार आठ सौ उनतीस हो गई है रांची जिले में कोरोना के सबसे अधिक उनहत्तर हजार से ज्यादा मामले हैं वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले में तैतीस हजार आठ सौ से अधिक कोरोना मामले हैं बोकारो और धनबाद जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या ग्यारह हजार सात सौ से अधिक है हजारीबाग में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या ग्यारह हजार से अधिक हो गई है राज्य में अब तक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं फंट लाइन वर्कस और पैतालीस वर्ष से अधिक उम्र के नौ हजार आठ सौ पैतालीस लोगों को आज कोराना का दूसरा डोज दिया गया राज्य में अब तक चार लाख बानवे हजार से अधिक लोगों को कोरोना टीका का दूसरा डोज दिया जा चुका है इसके साथ ही तिरपन हजार से अधिक लोगों को आज टीके का पहला डोज दिया गया अब तक छबीस लाख बावन हजार सात सौ से अधिक लोगों को टीके का पहला डोज दिया जा चुका है केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण एंटी वायरल दवा रेमडेसिविर की आपूर्ति राज्यों को बढा दी है रसायन और उर्वरक मंत्री सदानद गौड़ा ने कहा कि रेमडेसिविर के उत्पादन में तेजी से इसकी उपलब्यता में बढोतरी की गहन समीक्षा के बाद इसकी आवंटन योजना में संशोधन किया गया है उन्होंने इस बात की प्रष्टि की कि इस महत्वनपूर्ण औषधि की आपूर्ति बढने से महामारी से लड़ने में मदद मिलेगी संशोधित आपूर्ति योजना के अंतर्गत दिल्ली महाराष्ट्र छत्तीसगढ जैसे राज्यों का आवंटन काफी बढा दिया गया है

इनमें लगभग तीन हजार चार सौ बिस्तर लगे हैं धनबाद जिले में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एसएनएमसीएच सहित अन्य अस्पतालों में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी इस संबंध में उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने कहा कि आपदा की इस परिस्थिति में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार धनबाद के समक्ष कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों का बेहतर इलाज करना एक बड़ी चुनौती है धनबाद में पड़ोसी जिले की मरीजों को भी उपचार उपलब्ध कराया जाता है इसलिए एसएनएमसीएच सहित अन्य ऑक्सीजन सपोर्टेड अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है इसके लिए सिविल सर्जन डॉ गोपाल दास की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है विदेश मंत्रालय ने भारत में विदेशी उच्चायोगों और दूतावासों से अनुरोध किया है कि वे ऑक्सीजन सहित आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति की जमाखोरी से बचें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि प्रोटोकॉल प्रमुख और प्रभागों के प्रमुख लगातार सभी उच्चायोगों और द्रतावासों के संपर्क में हैं

फ्रांस के इस सहयोग की सराहना करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यह भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी और मैत्री का परिचायक है उन्होंने कहा कि फ्रांस से मिली सहायता से भारत की ऑक्सीजन क्षमताओं में वृद्धि होगी

हर्फीजुल हसन ने अपनी जीत पर प्रतिकिया देते हुए कहा कि वे और उनकी पार्टी साफ सुथरी राजनीति की पक्षधर है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपचुनाव में जीत दर्ज करने पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार हफीजुल हसन को बधाई दी है

हेमंत सोरेन सरकार में वे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी बने

कोराना महामारी को देखते हुए केन्द्र सरकार ने जीएसटी कानून के अंतर्गत करदाताओं को कई रियायते दी हैं इनमें ब्याज दर में कमी और विलम्ब शुल्क माफ करना शामिल हैं

यह नियम सामान्य करदाताओं और तिमाही रिटर्न भरने वाले दोनों करदाताओं के मामले में लागू होगा

बोर्ड ने एक दस्तावेज जारी कर स्पष्ट किया है कि स्कूल विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर उन्हें अंक किस प्रकार और किस आधार पर देंगे

सीबीएसई ने इस वर्ष की दसवीं की परीक्षा कोरोना महामारी के कारण रद्द करने और विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक देने का निर्णय लिया है प्रत्येक विद्यार्थी को आंतरिक मूल्यांकन में बीस में से मिले अंक यथावत बने रहेंगे

इस समिति में गणित समाज विज्ञान दो भाषाओं और विज्ञान के शिक्षक शामिल होंगे पड़ोसी विद्यालय के दो शिक्षक एक्सटर्नल सदस्य के रुप में कार्य करेंगे

इस दौरान द्वकानदार और ग्राहकों को सरकार के द्वारा जारी कोरोना गाईडलाइन का कड़ाई से पालन करते हुए दोपहर दो बजे तक दुकानों को बंद करने की हिदायत दी गई ग्राहकों को सेनिटायजर से हाथ साफ करने का भी निर्देश दिया गया

हाथी ने तीन ग्रामीणों के घरों को भी नुकसान पहंचाया है विभागीय अधिकारियों ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर सरकारी सहायता मुहैया कराने का भरोसा दिलाया है वन प्रमंडल अधिकारी रजनीश कुमार ने बताया कि ग्रामीण रात में घर से अकेले नहीं निकले और हाथी आने के बाद उससे बचाव को लेकर उठाये जाने वाली एहतियाती कदम उठाये